श्री कोविंद ने मेघालय की परम्परा और संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अनेक बहुमूल्य और अच्छी बाते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उन्होंने स्वच्छता महिला सशक्तिकरण और वृक्षों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुल का उल्लेख किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिलॉग में नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौतियों से भरी दुनिया में सभी को उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं है उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करें श्री कोविंद ने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है और उन्हें यह जानकार प्रसन्नता हुई है कि नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी न केवल प्रमुख विषयों में शिक्षा प्रदान कर रही बल्कि जनजातीय बहुल क्षेत्र में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बैंकॉक में भारत आसियान शिखर बैठक के अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान के साथ संपर्क भारत की कार्य नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है और आगे भी रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रुप से विकासशील आसियान भारत के ब्रनियादी हित में है श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान का आर्थिक एकीकरण इस नीति की अहम प्राथमिकताओं में शामिल हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मिलकर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की त्वरित गति से पूरा करने के उपायों पर चर्चा की अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई

राज्य के मुख्य सचिव और वित्तीय सचिव केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक कर इस मुद्दे का जल्द समाधान करेंगे राज्य चूनाव आयोग कल से पंचायत क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचि का रिविजन करेगा राज्य चूनाव आयोग के सचिव न्याली एते ने बताया कि एक जनवरी दो हजार बीस को आधार मानकर मतदाता सूचियों को विशेष रिविजन किया जाएगा मतदाता सूचि का प्रारंभिक ड्राफ्ट आगामी पांच नवबंर को जारी किया जायेगा लोग अपने दावे पांच से बारह नवबंर तक जमा कर सकेंगे

भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू किए जाने का बचाव किया है पोस्ट कोलोनियल असम पुस्तक के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि यह भविष्य के लिए आधार दस्तावेज है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा कि एनआरसी का उद्देश्य आपसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है और प्रगतिशील समाजों को समावेशी बनना होगा उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानों की आलोचना की न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि कुछ लोग लोकतांरिक संस्था पर जानब्रझकर आक्षेप लगा रहे हैं ऐसे लोगों की टिप्पणी वास्तविकताओं से परे है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर असम में रह रहे मूल भारतीय नागरिकों और अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए तैयार किया गया था उच्चतम न्यायालय ने इकतीस अगस्त को प्रकाशित अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर प्रक्रिया की निगरानी की थी राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल लोअर दिवांग वैली जिले के रोईंग में चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के स्थलों का दौरा किया उन्होंने दांब्रक में ओरेंज फेस्टिवल साईट का भी निरिक्षण किया मुख्य सचिव ने पर्यटको के अनुभव के मद्देनजर सुविधाओं का सुधार करने का सुझाव दिया उन्होंने बागवानी विभाग से संतरे की खेती के तहत क्षेत्र में एक ऐसा तंत्र बनाने को कहा जिसके माध्य्म से किसानों को संतरे की खेती शुरु करने के लिए सहायता दी जा सके साथ ही राजस्व सृजन में मदद मिल सके चांगलांग जिला उपायुक्त सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई इस बैठक में स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्याक्ष तेसाम पोंगते जिला उपायुक्त आर के शर्मा और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे बैठक में भूमि वन वन्यजीव संरक्षण तिरप और इसकी सहायक नदियों से भूमि कटाव पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई इस अवसर पर जिले में अफीम या अन्य मादक पदार्थों की समस्या सामुदायिक सौहार्द और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया